प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट मौसम विभाग ने अगले तीन चार दिनों तक कई जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल रात हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया इसमें किसी तरह की ढील नहीं दी जायेगी मुख्यमंत्री ने संक्रमितों की संख्या के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करने का निर्देश दिया है श्री गहलोत ने कहा कि कन्टेनमेंट क्षेत्र का पुनःनिर्धारण एक्टिव कैसेज की संख्या के अनुसार किया जाए ताकि केवल संक्रमित क्षेत्र में ही कर्फ्यू जारी रखा जाए उन्होंने अपील की है कि सभी प्रदेशवासी बार बार हाथ घोते रहें मास्क पहने और सामाजिक दूरी के नियम की पूरी पालना करें मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों को निःशुल्क ईलाज उपलब्ध कराने के लिए निजी अस्पताल मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाए श्री गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्वोच्च न्यायालय की भावना के अनुरूप निजी अस्पतालों में निःशुल्क ईलाज के लिए एडवाइजरी जारी की जाये जो भी अस्पताल इसका उल्लंघन करे उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं श्री गहलोत ने कल मुख्यमंत्री निवास पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्णय लिया इसके बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इन परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया जाएगा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन परीक्षाओं के दौरान कोरोना महामारी के संदर्भ में जारी हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है

इस अवसर पर प्रदेश भाजपा द्वारा भी आगामी दिनों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे

उन्होंने बताया कि भीड़ वाला या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा तथा आम जनता तक सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यो को वर्चुअल तरीके से पहुंचाया जाएगा

ये कार्यक्रम आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर उपलब्ध रहेगा

अभी तक जानमाल के किसी नुकसान की खबर नहीं है

इनसे दो हजार आठ सौ से ज्यादा भारतीय स्वदेश पहुंचेंगे ये उडाने साउदी अरब संयुक्त अरब अमीरात बहरीन ओमान से देश को विभिन्न शहरों में पहुंचेगी इन उडानों में श्रमिकों पर्यटकों गर्भवती महिलाओं बीमार व्यक्तियों और बुजुर्गो को प्राथमिकता के आधार पर देश में लाया जा रहा है इधर वंदे भारत मिशन के तहत कल दो विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रवासी राजस्थानियों को लेकर जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंची

यह अपील यात्रा के दौरान हुई कुछ मौतों को देखते हुए की गई है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायड् ने उनके निधन पर शोक जताया है भाजपा के पूर्व प्रदेशअध्यक्ष भंवर लाल शर्मा का कल जमवारामगढ के लाली गांव में निधन हो गया राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उनके निधन पर संवेदना व्यक्त की है

कल बारां और अलवर जिले के सरिस्का में टिड़ियों ने फंसलों को नुकसान पहुंचाया है

इससे अधिकांश स्थानों पर तापमान में गिरावट आई